बुनियादी ढांचे का विकास किसान कल्याण और जल सुरक्षा इस बजट की मुख्य बातें हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यूइंडिया बनाने की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्वांत सफल हो सकता है बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि इस वर्ष जब हम गांधीजी की डेढ सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें अपने सभी प्रयासों में अंत्योदय को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के हर प्रयास का केन्द्र बिन्दु गांव गरीब और किसान हैं श्रीमती सीतारमण ने आश्वासन दिया कि दो हजार बाईस यानी भारत की स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और रसोई गैस उपलब्ध हो जायेगी बजट मे मकान खरीदने पर ब्व्याज सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रूपये कर दी गई है इसके अलावा पेट्रोल डीजल एसी स्टेनलैस स्टील के उत्पादों सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया जायेगा वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा

दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के तहत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा रेल परिवहन के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकास में सरकारी निजी भागीदारी के जरिए रेल नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत इक्यासी लाख मकानों के निर्माण के साथ साथ किराए के मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए किराएदारी कानून को अंतिम रूप देने की बात कही गई है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि कम कर दी गई है और इस कार्यक्रम को दो हजार बाईस के बजाय दो हजार उन्नीस में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है बजट में मछली पालन के क्षेत्र में सशक्त प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की घोषणा की गई है कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है दो हजार उन्नीस बीस के बजट में पचास हजार शिल्पकारों को सक्षम बनाने के लिए सौ नये क्लस्टर बनाने का भी कार्यक्रम है जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो हजार चौबीस तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है

दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि आम बजट में कोई नया कदम नहीं उठाया गया है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो बजट पेश किया गया है वह पुराने वायदों का पुलिंदा भर है

श्री बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल में एक रुपये सेस की वृद्धि की गई है इससे महंगाई बढ़ेगी वहीं युवाओं के लिए रोजगार के ऐलान ना होने पर भी श्री बघेल ने सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों के लिए बहुत कम राहत दी गई है उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे को पीपीपी मॉडल में ले जाने की बात कही गई है अब इसे निजी क्षेत्र में ले जाने से लोगों से रोजगार छिनेगा मुख्यमंत्री ने बजट को निराशाजनक बताया है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केन्द्र सरकार के बजट का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि बजट से यह स्पष्ट होता है कि सरकार देश में बढ़ते जलसंकट के निराकरण के लिए गंभीरता से विचार कर रही है साथ ही बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने को सुगम बनाने की दिशा में प्रस्ताव रखा गया है बजट के अनुसार अब पैंतालीस लाख रूपए तक के घर खरीदने पर होमलोन के ब्याज में साढ़े तीन लाख रूपए की राहत देना फायदेमंद साबित होगा उन्होंने कहा कि बजट में जनधन खाताधारक महिलाओं को पांच हज़ार रूपए का ओवरड्राफ्ट और एक लाख रूपए तक लोन उपलब्ध कराने की सुविधा का भी प्रस्ताव रखा गया है

ग्रामीण बैंक भर्ती केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त तेरह क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू शामिल हैं सार्वजनिक अवकाश राज्य में अब हरेली हरितालिका तीज और कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अवकाशों की घोषणा की है इसके पहले राज्य में विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है पत्र में मुख्यमंत्री ने वनवासियों की बेहतरी के लिए प्रदूषण रहित सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए वन संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वन क्षेत्रों के निवासियों को सतत् विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना कठिन कार्य है उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए वन क्षेत्रों में एक से पांच मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति भी केन्द्र सरकार से मांगी है डीएमएफ राशि राज्य सरकार ने जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ से किए जाने वाले कार्यो का दायरा बढ़ा दिया है अब इस निधि से शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल रोजगार पोषाहार खाद्य प्रसंस्करण और संस्कृति संरक्षण के साथ अधोसंरचना विकास के कार्य भी किए जा सकेंगे साथ ही खनन प्रभावित परिवारों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं नए संशोधन में खनन प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवनस्तर में सुधार और आजीविका संवर्धन के उपाय भी इससे किए जाएंगे जनहानि सहायता राशि राज्य सरकार ने हिंसक वन्य प्राणियों के हमले में किसी की मृत्यु पर दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है अब ऐसे मामलों में चार लाख रूपए के स्थान पर छह लाख रूपए की मदद दी जाएगी शेर तेन्द्आ भालू लकड़बग्घा भेंड़िया जंगली सुअर गौर जंगली हाथी जंगली कुत्ता मगरमच्छ घड़ियाल वन भैंसा और सियार द्वारा जनहानि पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है संक्षिप्त समाचार कोरिया जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रूपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है